कॉन्फ्रेंस में पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम नगरीय विकास एवं आवास ऊर्जा पिछड़ा वर्ग कल्याण उच्च शिक्षा लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास स्कूल शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विषयों पर भी चर्चा होगी चुनाव डाटा बेस प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन पर्सेनल डिप्लॉयमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है चुनाव ड्यूटी में लगने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का राज्य स्तरीय डाटा बेस तैयार करने के लिए यह ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है आज से इसमें प्रविष्टि का काम शुरू किया जा रहा है

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि इससे रेलवे में और अधिक नौकरियां सुनिश्चित की जा सकेंगी रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस साल फरवरी में सहायक लोको पायलटों और टेक्नीशियनों के छह हजार पांच सौ दो पदों पर भर्ती करने की घोषणा की थी इन पदों के लिए सैंतालीस लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है

रेल मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उम्मीदवारों को उनके निजी या नजदीकी शहरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने पर पूरा ध्यान दिया गया है ये खाली पद विभिन्न रेलवे क्षेत्रों और राज्यों में हैं और इनके लिए पूरे देश के उम्मीदवारों ने आवेदन किया है विज्ञप्ति के अनुसार करीब चालीस लाख उम्मीदवारों को पांच सौ किलोमीटर के दायरे में ही परीक्षा केन्द्र आवंटित किया गया है रेलवे सुत्रों ने बताया कि महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा केन्द्र उनके ही शहर या पड़ोस के शहर में आवंटित करने को प्राथमिकता दी गई है मनरेगा मनरेगा में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से मजदूरी भुगतान का नब्बे प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक रूप से मजदूरों के खाते में जमा किया गया ग्रामीण विकास राज्यमंत्री राम कृपाल यादव ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि यह प्रणाली पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए अपनाई गई है

भावान्तर भुगतान् राज्य मंत्रिपरिषद ने भावान्तर भुगतान योजना के स्थान पर प्याज और लहसुन के लिये कृषक समृद्धि योजना में प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है राज्य सरकार ने प्याज के लिये चार सौ रूपये प्रति क्विटल और लहसुन के लिये आठ सौ रूपये प्रति क्विटल प्रोत्साहन राशि किसानों के बैंक खातों में जमा कराने का निर्णय लिया है वर्तमान में मंडियों में प्याज का औसत विक्रय मूल्य राज्य सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से अधिक है इस वजह से प्याज पर अभी अगस्त के महीने में मंडी में खरीदी या बिक्री पर कोई प्रोत्साहन या भावान्तर राशि नहीं दी जायेगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण और लिंगानुपात को बढ़ाने के मकसद से चलाये जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में भी सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं ग्वालियर ज़िले की विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कुछ ऐसी प्रतिभाशाली बालिकाओं को ज़िला प्रशासन ने ब्रांड एंबेसेडर बनाया है जिन्होंने प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्वालियर का नाम रोशन किया है वहीं छोटे से गांव बरई पनिहार से निकलकर कबड्डी में अपनी प्रतिभा से पहचान वाली गंगा कौरव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए एक सार्थक अभियान बताती हैं

इसके लिए भोपाल में नेशनल कांफ्रेंस का आयोजन आज किया जा रहा है यह कॉन्फ्रेंस ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के एनआई आरडीए द्वारा आयोजित की जा रही है

कान्फ्रेंस में सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली मध्यप्रदेश एनआईसी भोपाल के सीनियर टेक्नीकल डायरेक्टर विवेक चितले और उनकी टीम प्रजेन्टेशन देगी

नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने बताया कि हाउसिंग फॉर ऑल की अवधारणा के तहत नगरीय निकायों में रहने वाले आवासहीन अथवा कच्चे आवास वाले हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध करवाने का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है

हितग्राहियों को चार केटेगरी में पक्के आवास उपलब्ध करवाये जा रहे हैं

आवेदन के लिए विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना होगा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं से आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाएँगे

इस शोध परियोजना से प्राप्त नतीजों से फसलों के चयन में आसानी होगी

मौसम प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ने से बारिश का दौर थम गया है उत्तरी मध्यप्रदेश को छोड़कर अन्य स्थानों पर गर्मी और उमस बढ़ गई है मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन चार दिन मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है प्रदेश में इस साल मॉनसून में अभी तक नौ जिलों में सामान्य से बीस प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है वहीं छत्तीस जिले ऐसे है जहां सामान्य वर्षा हुई है कम बारिश वाले जिलों की संख्या छः है रायसेन टीकमगढ़ नीमच शाजापुर आगरमालवा मुरैना भिंड दतिया और सीहोर में सामान्य से अधिक बारिश हुई है कम बारिश वाले जिले अलीराजपुर धार डिंडौरी रीवा बैतूल और अनूपपुर हैं